मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा प्रदेश में खोले जायेंगे बालयुवा क्लब

न्यायालय ने कहा कि पुनर्विचार याचिकाओं में कोई गुण दोष नही है तीन न्यायधीशों की पीठ ने राफेल सौदे में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को भी खारिज कर दिया

वहीं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने उच्चतम न्यायालय द्वारा राफेल मामले में दायर पुनर्विचार याचिका निरस्त किए जाने का स्वागत किया है एक ट्वीट में रक्षामंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार अपने निर्णय पर अटल है उन्होंने कहा कि यह फैसला भारत सरकार के पारदर्शितापूर्ण निर्णय को भी सही साबित करता है उधर कांग्रेस ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में व्यापक अपराधिक जांच का रास्ता खोल दिया है नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि भाजपा फैसले का विश्लेषण किये बिना ही खुशी मना रही है सुप्रीमकोर्ट शबरीमला उधर शबरीमला मामले में उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि धार्मिक स्थलों में महिलाओं का प्रवेश सबरीमाला मंदिर तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह अन्य धर्मों में भी प्रचलित है न्यायालय ने तीन दो के बहमत से सबरीमाला मंदिर से जुड़ी समीक्षा याचिका को सात जजों की बड़ी पीठ को भेज दिया शीर्ष न्यायालय ने कहा कि बड़ी बेंच संबरीमाला मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और दाउदी बोहरा समुदाय में महिलाओं की खतना प्रथा जैसे धार्मिक मुद्दों पर भी फैसला देगी

इस मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गये महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी आज भोपाल के विभिन्न आँगनवाड़ी केन्द्रों में बाल रंग मेलों में शामिल हुईं उन्होंने कहा कि पहली बार प्रदेश के सभी आँगनवाड़ी केन्द्रों में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बाल दिवस मनाया जा रहा है अभी तक बाल दिवस सिर्फ स्कूलों में मनाने की परम्परा रही है इसी तरह सभी जिलों के आंगनवाड़ी केन्द्रो में बालरंग मेले आयोजित किये गये इन मेले में बच्चों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया वहीं इंदौर के पिपल्याहना आंगनवाड़ी केन्द्र में क्षेत्रीय लोकसंपर्क ब्यूरो ने बालदिवस मनाया इस मौके पर बच्चों के लिए प्रतियोगिताए भी आयोजित की गई उधर श्योपुर गुना सीहोरदेवास अनूपपुर राजगढ़ निवाड़ी सहित अन्य जिलों में बालदिवस मनाये जाने के समाचार मिलें हैं

डेंगू लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने आज भोपाल शहर के डेंगू प्रभावित भेल क्षेत्र के साकेत नगर का दौरा किया उन्होंने नागरिकों से घर एवं कॉलोनी में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए डेंगू और मलेरिया की रोकथाम में सहयोग करने का आग्रह किया

इस परियोजना में रायसेन जिले के सात तथा भोपाल जिले के पांच विद्यालयों को शामिल किया गया है

बताया जाता है कि औषधि निर्माताओं ने जो नयी इन्सुलिन तैयार की है उससे उसकी गुणवत्ता सुरक्षा क्षमता और किफायत सुनिश्चित होगी इस अवसर प्रदेश में भी मध्मेह की जागरुकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गये पन्ना में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिससें लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सीख दी गई वहीं सीहोर जिला अस्पताल में विशेष शिविर लगाया गया शिविर में डायबिटिज के मरीजों की जांच के बाद उन्हें दवाईयां भी दी गई मुद्रास्फीति थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति में कमी आई है अक्टूबर महीने में यह शून्य दशमलव एक छह प्रतिशत रही जबकि सितम्बर में यह शून्य दशमलव तीन तीन प्रतिशत थी सरकारी आंकडों के अनुसार ये गिरावट गैर खाद्य पदार्थों और निर्भित वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण आई है पिछले साल अक्टूबर में थोक मूल्यों पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति पांच दशमलव पांच चार प्रतिशत थी थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति इस साल अक्टूबर में शून्य से नीचे दशमलव आठ चार प्रतिशत रही

यह वृद्धि खाद्य पदार्थों में बढ़ोतरी के कारण हुई

भारत के लिए मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा तीन विंकेट लिए वहीं इशांत शर्मा उमेश यादव और आर अश्विन ने दो विकेट लिए

समाचार संक्षेप में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि गैस पीड़ितों के लिए संघर्ष करने वाले अब्दुल जब्बार के भाई के इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी